इसमें आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र पंजाब बिहार गुजरात तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं

न्यायमूर्ति मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि एक बेटी जीवन भर के लिए प्यारी बेटी होती है

मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है

पौधरोपण किसी भी परिसर को छायादार और फलदार वृक्षों के द्वारा आकर्षक बनाया जा सकता है यह बात कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने मुरैना के नव निर्मित जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्वच्छता बनाये रखने और स्वस्थ्य वातावरण तैयार करने के लिए आयोजित पौधरोपड़ कार्यक्रम में कही

इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज बारिश तो कहीं हल्की बौछारें पड़ीं है

संक्षिप्त समाचार शिवपुरी जिले में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना की धीमी गति को लेकर कलेक्टर अनुग्रहा पी ने नाराजगी व्यक्त की है

यह किसानों को वितरित करने के लिए भेजी गई है डीजल के वैट में कटौती चेक पोस्ट पर की जाने वाली अवैध वसूली पर रोक लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश में कल से जारी ट्रांसपोटर्स की तीन दिवसीय हड़ताल का असर जबलपुर और होशंगाबाद जिलों में भी दिखाई दे रहा है